राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर किया गया नमन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से लोगों की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया है वे आज शिमला में उनसे मिलने आए जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय पर लिए गए निर्णयों से अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस महामारी से कम नुकसान हुआ है जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धन का कोई अभाव नहीं है मगर उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक मांगों व अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कृषि संबद्ध क्षेत्र को नई गति मिलने के अलावा अन्नदाता को आर्थिक लाभ हुआ है लोकसभा में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा में उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है और अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये सिद्ध किया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों के लिए लाए गए तीन कानून उनके लिए बाजार की आजादी के एक नए युग की शुरूआत करने वाले हैं उन्होंने कहा कि इन कानूनों से भारत में छोटे और सीमांत किसानों का जीवन सुधारने की दिशा में दीर्घकालिक लाभ होगा राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है वे आज घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो राजेन्द्र गर्ग ने यातायात की समस्या का समाधान करते हुए एचआरटीसी के अधिकारियों को कोरोना काल के दौरान बंद हुए बस रूट तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जांच अभी जारी है और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं उन्होंने कहा कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर नगर निगम के महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश कांगेस कमेटी ने राष्ट्रपिता को पुण्यतिथि पर याद करते हुए अपने श्रद्वासुमन अर्पित किए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में बापू का बहत बड़ा योगदान रहा है इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं ने महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी भाषा व संस्कृति विभाग और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शहीदी दिवस के अवसर पर नशा करके गाड़ी न चलाने शीर्षक के तहत शिमला में साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रदेश के विभिन्न भागों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा स्नो फैस्टिवल लाहौल घाटी में मनाए जा रहे स्नो फैस्टिवल के छठे दिन आज सिस्सू शाशन गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान युवाओं के लिए छोलो व रस्साकस्सी प्रतियोगिताओं सहित महिलाओं के लिए बुनाई प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया फैस्टिवल के दौरान स्नो क्राफ्ट प्रतियोगिता के तहत बनाई गई कृतियां सभी के आकर्षण का केन्द्र रही इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कई पर्यटकों से मुलाकात कर उनके अनुभव सुने

मारकंडा ने कहा कि रनो फैस्टिवल के हर कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और इसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा कोविड प्रदेश प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है